चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा

हालांकि इस चरण में पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव प्रचार कल रात ही समाप्त हो गया था

भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दल और निर्दलयीय उम्मीद्वार प्रचार के अंतिम दिन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाने वाले है

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ कई क्षेत्रों में रैलियां करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आज मेदसौर में रोड शो करने का कार्यक्रम है इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नीमच में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति रानी ने देवास जिले के सतवास में चुनावी सभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने लोगों से विकास और देशहित में भाजपा को वोट देने की अपील की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा धार रतलाम में चुनावी सभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी खंडवा और खरगोन में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभाएं की दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा संसदीय क्षेत्र के खकनार और पुंजापुर में सभा को संबोधित किया श्री नाथ ने कल इन्दौर में व्यापारियों और उद्योगपतियों से सीधा संवाद भी किया इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की रूचि व्यापारियों और उद्योगपतियों की सहायता करने में हैं ताकि वो अपने व्यापार और उद्योग का विस्तार कर सके उन्होंने कहा कि प्रदेश की जरूरत के हिसाब से व्यापार नीति और व्यवस्था में परिवर्तन किया जायेगा

वहां पर मतदाता जागरूकता कार्यकमों के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस दौरान पहली बार मतदान करने वाली लडकियों को जागरूक किया गया उधर खंडवा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को मतदान का निमंत्रण दिया गया वहीं पुनासा एसडीएम और मांधाना विधानसभा क्षेत्र की एआरओ डॉ ममता खेड़े ने क्षेत्रीय भाषा में लोगों से मतदान की अपील की

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिये विभिन्न विभागों को प्रयासों से अगर एक भी मानव जीवन बचता है तो यह पृण्य का काम होगा श्री चौधरी ने स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा संबंधी शिविर लगा कर युवाओं को जागरूक बनाने की आवश्यकता बताई श्री चौधरी ने ब्लैक स्पॉट बजट लाइसेंस निरस्तीकरण ग्रामीण क्षेत्र में दुर्घटनाओं की अधिकता जैसे बिन्दुओं पर चर्चा की बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति और मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के निर्देशों के अनुरूप अन्य महत्वपूर्ण विषयों और सुझावों पर भी चर्चा हुई

उन्होंने इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और चुनावी तैयारियों को लेकर उनके सुझाव जाने नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री कांताराव ने निर्देश दिये कि मतदान केन्द्रों पर लाइन में लगे प्रत्येक मतदाता के लिये छाया की पर्याप्त व्यवस्था की जाये श्री राव ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन सहित अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाये

स्टैंडिंग कमेटी बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में कल इन्दौर के नेहरू स्टेडियम में राजनैतिक दलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हई बैठक के बाद समिति को स्ट्रांग रूम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमिशनिंग के कार्य का अवलोकन भी कराया गया उन्हें मतदान दलों को सामग्री वितरण की व्यवस्था से भी अवगत कराया गया जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि मतदान के दिन सभी पोलिंग एजेंट मतदान आरंभ होने के कम से कम आधा घंटा पहले मतदान केंद्रों में पहँच जाएं ताकि उनके समक्ष मॉक पोल की कार्यवाही कराई जा सके

बैठक में एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने राजनैतिक दलों को ज़िले में शांतिप्र्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए की गई पुलिस व्यवस्था की जानकारी दी प्रज्ञा माफी भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर माफी मांग ली है उन्होंने कहा कि अगर बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वे इसके लिए माफी मांगती हैं सुश्री ठाकुर ने कहा कि गांधीजी ने जो देश के लिए किया उसे भुलाया नहीं जा सकता उनके बयान पर चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाक्र से आगरमालवा में एक सवाल के जवाब में नाथ्रराम गोडसे को कथित तौर पर सच्चा देशभक्त बताया था हालांकि भाजपा ने प्रज्ञा के बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए डेंगू दिवस राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर प्रदेश के कई स्थानों पर कल स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिये किये जाने वाले सतर्कता उपायों की जानकारी दी गई इस अवसर पर नीमच में राष्ट्रीय वेक्टेरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें लोगों को डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया बैतूल में इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को डेंगू के कारण और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इस अवसर पर लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी ली ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू जागरूकता के लिए रैली निकाली इसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया उधर मुरैना में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया मंडला झाबुआ रायसेन अशोकनगर बैतूल शाजापुर सहित विभिन्न जिलों से डेंगू दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं